उन्होंने कहा कि इसका श्रेय उद्यभियों नौजवानों किसानों और सभी आम भारतीयों को दिया जा सकता है प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक सुधारों के तहत अनावश्यक बाघाओं को दर किया जा रहा है और कृषि क्षेत्र इसका एक उदाहरण है प्रधानमंत्री ने कहा कि आज ग्रामीण भारत में जबर्दस्त बदलाव हो रहे हैं और इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या ग्रामीण इलाकों में शहरी क्षेत्रों के मुकाबले कहीं अधिक हो गई है

मुख्यमंत्री आज आईआईटी मंडी द्वारा आयोजित हिमालय स्टार्ट अप टैक के चौथे संस्करण को वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे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

उन्होंने इस अवसर पर कहा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस युवाओं का हनर निखारने में अहम भूमिका निभाएगा यहां पर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के युवाओं को स्वरोजगार उद्यभिता और खेलों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा कौशल विकास केन्द्र में युवाओं को अब कम्पनियों का आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण मिलेगा अनुराग ठाकर ने कहा कि यहां आवासीय व्यवस्था बनाने का भी प्रयास किया जाएगा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

मौसम प्रदेश के जनजातीय व अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बीती रात और आज दोपहर तक हुई बर्फबारी तथा निचले क्षेत्रों में वर्षा से राज्य में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है भारी बर्फबारी के चलते जनजॉतीय जिला लाहौल स्पीति में सभी सड़कें बंद हैं तथा आज मनाली से आगे वाहनों को नहीं जाने दिया गया हमारे लाहौल स्पीति संवाददाता कृंदन शर्मा के मुताबिक खराब मौसम और बर्फबारी से जिले के लोगों की दिक्कतें बढ़ गई है